इस आयोजन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित देश र्क प्रमुख राजनेताओं और औद्योगिक जगत की प्रमुख हस्तियां भी शिरकत करेंगी शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं राज्य में कांग्रेस की पन्द्रह वर्षों के बाद सत्ता में वापसी हुई है

पार्टी के केन्द्रीय पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य के प्रभारी पी एल पूनिया की मौजूदगी में नवनिर्वाचित विधायकों की प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हई बैठक में श्री बघेल को विधायक दल का नेता चुना गया वे राज्य के तीसरे और कांग्रेस के दूसर्रे मुख्यमंत्री होंगे उधर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कांग्रेस नेता अशोक गहलोत को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है शपथ ग्रहण समारोह कल होगा

यह बात केंद्रीय आय्ष मंत्री श्रीपाद नाईक ने आज इंदौर में पहले अनुठे नैचरोपैथी उद्यान का भूमिपूजन करते हुए कही

श्री नाइक ने निशुल्क नैचरोपैथी शिविर का भी उद्घाटन किया जहां सिरदर्द साईनस माईग्रेन सर्दी जुकाम अस्थमा जैसी बीमारियों की सटीक प्राकृतिक चिकित्सा की जा रही है

आज विजय दिवस है

इस लड़ाई में भारत की जीत और पाकिस्तान की करारी हार का परिणाम नये देश बंगलादेश के जन्म के रूप में सामने आया था फील्ड मार्शल मानेकशॉ के नेतत्व में भारत के रणबांकरों ने दृश्मन को कड़ी शिकस्त दी थी इस दौरान कई बहादुर वीर शहीद हुए ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विजय दिवस के मौके पर सीमा सुरक्षा बल की टेकनपुर अकादमी में खुलामंच कार्यकम का आयोजन किया गया इसमें युद्ध के दौरान शहीद हुए अमरवीरों को याद किया गया

दुर्घटना में एक कार और लॉरी की आमने सामने की टक्कर में दो महिलाओं और एक बच्चे सहित पांच लोगों की मौके पर ही जान चली गई कटनी जबलपुर मार्ग पर हुई इस दुर्घटना में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है वहीं देवास जिले के बागली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोखा पीपल्या गांव एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार तीन दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गये इनमें से गंभीर रूप से घायल चार लोगों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है अनूपप्र मे कल देर रात हुए एक अन्य हादसे में एक बस और मोटर साइकिल की टक्कर में दो मोटर साइकिल सवारों की मौत हो गई

मैच शाम सात बजे शुरू होगा

फाइनल मैच के अलावा आज तीसरे और चौथे स्थान के फैसले के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा यह मैच शाम साढ़े चार बजे खेला जाएगा